कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने रायपुर में किसानों को संबोधित करते कहा है कि यदि आम चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करती है तो वह देश के हर गरीब को न्यूनतम आमदनी की गारंटी देने का कानून लाएगी राज्य सरकार ने अंतागढ़ टेपकांड की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने घोषणा की है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक मुकेश गुप्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली जांच पर रोक लगाने की मांग की थी प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में कल सुबह ग्यारह बजे देश भर के विद्यार्थियों के साथ बातचीत के जरिए अपने अनुभव साझा करेंगे कार्यक्रम में श्री मोदी विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे कि किसी प्रकार के दबाव और तनाव के बिना बच्चे कैसे परीक्षा दे सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह एक वैश्विक कार्यक्रम होगा उन्होंने बताया कि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और रूस सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे इस कार्यक्रम का प्रसारण भारत के अलावा अन्य देशों में होगा देशभर में आकाशवाणी और दूरदर्शन से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जायेगा प्रधानमंत्री एनसीसी कैडेट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत एक शांति प्रिय देश है लेकिन विपरीत स्थिति में किसी भी कीमत पर अपनी सीमाओं की रक्षा करने का संकल्प और दमखम रखता है आज नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर के समापन परेड को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना देश के दुश्मनों को करारा जवाब दे रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी कैडेट स्वच्छ भारत अभियान जैसी विभिन्न योजनाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इससे पहले थलसेना नौसेना और वायुसेना के कैडेटों ने प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया इसके बाद टुकड़ियों ने मार्चपास्ट किया प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए उनतीस राज्यों और सात केन्द्रशासित प्रदेशों से छह सौ अंठानवे महिला प्रतिभागियों सहित कुल दो हजार सत्तर कैंडेटों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया राहुल गांधी छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यदि इस साल होने वाले आम चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करती है तो वह देश के हर गरीब को न्यूनतम आमदनी की गारंटी देने का कानून लाएगी आज रायपुर के अटल नगर में किसान आभार सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने कहा कि दुनिया में यह अपनी तरह की पहली योजना होगी जिसमें देश के हर गरीब व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे एक न्यूनतम आमदनी जमा की जाएगी नया रायपुर में हए इस कृषि ऋण मुक्ति कार्यक्रम में राहल गांधी ने किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में कृषि विकास की एक मिसाल बनेगा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खोले जाएंगे साथ ही कोल्ड स्टोरेज की श्रृंखला भी स्थापित की जाएगी और फिर छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाले अनाज फल और सब्जियों सहित अन्य कृषि उत्पाद विदेशों में निर्यात किए जा सकेंगे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस द्वारा जारी किया गया जनघोषणा पत्र ही अगले पांच सालों तक राज्य सरकार का एजेंडा होगा सरकार इसी को आधार बनाकर अपना काम करेगा श्री बघेल ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रही है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बीते पन्द्रह वर्षो के दौरान राज्य के किसानों के साथ साथ कांग्रेस नेताओं और कार्येकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को वापस लिया जाएगा कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और पीएल पुनिया ने भी संबोधित किया अंतागढ़ टेपकांड एसआईटी राज्य सरकार ने अंतागढ़ टेपकांड की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने घोषणा की है रायपुर की पुलिस अधीक्षक नीतू कमल इस विशेष जांच दल का नेतृत्व करेंगी इसके अलावा इस जांच दल में डीएसपी अभिषेक माहेश्वरी और तेलीबांधा के टीआई भी शामिल हैं गौरतलब है कि वर्ष दो हजार चौदह में हए अंतागढ़ उपच्चनाव के दौरान कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी ने मतदान के एक दिन पहले अचानक अपना नाम वापस ले लिया था नाम वापसी के आखिरी वक्त कांग्रेस उम्मीदवार मंतूराम पवार ने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी थी इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार भोजराज नाग ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के खिलाफ पचास हजार वोटों से जीत हासिल की थी तब कांग्रेस ने एक टेप जारी करते हुए अंतागढ़ उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए सौदेबाजी का आरोप लगाया था

गौरतलब है कि प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर मिक्की मेहता की संदिग्ध मौत मामले में जांच की मांग की थी इस पर राज्य सरकार ने श्री ग्प्ता के खिलाफ पुलिस महानिदेशक गिरधारी नायक को जांच का जिम्मा सौंपा है छत्तीसगढ़ विकास अध्ययन दल राज्य के विकास कार्यो का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय का दल आज रायपुर पहंच गया है यह दल आज से लेकर एक फरवरी तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास कार्यो का अध्ययन करेगा इस दौरान यह दल रायपुर बस्तर कांकेर दंतेवाड़ा और बिलासपुर जिले के प्रवास पर रहेगा अध्ययन दल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विकास संबंधी विभिन्न गतिविधियों और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली के अलावा विकास कार्यो को लागू किए जाने की प्रक्रिया का अवलोकन किया जाएगा राष्ट्रीय संगोष्ठी संस्कृति और पुरातत्व विभाग द्वारा मंदिर स्थापत्य तथा शिल्प का विकास विषय पर केन्द्रित तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज से शुरू हो गई है रायपुर के महंत घासीदास स्मारक परिसर में आयोजित इस संगोष्ठी का उद्घाटन संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया शुभारंभ के मौके पर बनारस से डॉक्टर सीताराम दूबे पुरातत्वविद अरूण कुमार शर्मा नीदरलैण्ड से डॉक्टर नतास्जा बोस्मा और संस्कृति विभाग के संचालक चन्द्रकांत उईके सहित कला संस्कृति से जुड़े अनेक विशेषज्ञ बड़ी संख्या में उपस्थित थे तीस जनवरी तक चलने वाली इस संगोष्ठी में राज्य सहित देश के अन्य भागों से आमंत्रित पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार अध्येता और शोधार्थी शामिल होंगे सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ सशस्त्र सीमा बल द्वारा आज से भिलाई में आदिवासी युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कांकेर जिले के तीस युवा शामिल हो रहे हैं पचपन दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम युवाओं को घरेलू कामकाज के अलावा भोजन पकाने और अन्य उपयोगी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा यह प्रशिक्षण भिलाई सहित देश के आठ स्थानों में सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों में दिया जा रहा है इसका उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्ग और अविकसित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के साथ ही इन युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करने का है इस कार्यक्रम की शुरूआत केरल के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर एम विजयन उन्नी ने किया बम बरामद दंतेवाड़ा जिले में मैलावाड़ा से मोकपाल जाने के मार्ग पर सुरक्षा बलों ने तीन किलो का विस्फोटक बरामद किया है पुलिस के मुताबिक माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकेसान पहुंचाने के इरादे से इसे जमीन के नीचे लगा रखा था यह कार्रवाई सीआरपीएफ एक सौ पंचानवे बटालियन के जवानों द्वारा की गई संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दोपहर तीन बजे धरसीवां क्षेत्र के धनेली गांव में गोठान स्थल का भूमिपूजन करेंगे साथ ही वे कल शाम छह बजे रायपुर के साईस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले क्षेत्रीय सरस मेले का उद्घाटन भी करेंगे जगदलपुर के कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्रों में अनियमितता बरतने वाले तीन खरीदी प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है इसके साथ ही एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और प्रबंधक को हटा दिया गया है

जबकि बच्चों के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया है भारत के स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों की आहृति देने वाले शहीदों की याद में तीस जनवरी को सुबह ग्यारह बजे देशभर में दो मिनट का मौन रखा जाएगा इस दौरान सामान्य काम काज और गतिविधियां रोक दी जाएंगी मंत्रालय में मुख्य सचिव की उपस्थिति में शहीद दिवस पर तीस जनवरी को दो मिनट का मौन रखकर शहीदों श्रद्धांजलि दी जाएगी

इसके लिए इच्छक अधिकारियों से पांच फरवरी तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं इच्छ्क अधिकारी रायपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग के ई मेल पर अपना बायोडेटा भेज सकते हैं